मास्क पहनें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

सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार केंद्र कर रही है यह मुद्दा आगे जांच के लिए विधि आयोग को सौंप दिया गया है जो इसके लिए व्यावाहारिक रूप रेखा और खाका तैयार करेगा लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में विधि और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कार्मिक लोक शिकायत और विधि तथा न्याय विभाग से संबंधित स्थाकयी संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग सहित विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श किया है राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई इसके लिए प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया सदन में सहमति बनी कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए ज्यादा समय दिया जाए ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य किसानों के आंदोलन से जुडे मुद्दे पर भी अपने विचार रख सकें आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि उन्होंने आज के प्रश्नकाल और कल के प्रश्नकाल के साथ साथ शुन्यकाल स्थगित करने के बारे में विपक्षी नेताओं से बात कर ली है उन्होंने बताया कि सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस मामले में अपनी सहमति दे दी है राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ वृद्ध कलाकारों की पेंशन राशि एक हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर चार हजार रुपए की जाएगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कला संस्कृति खेलकृद एवं युवा कार्य विभाग की पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ वृद्ध कलाकार आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक आय आठ हजार रुपए से कम हो इससे पूर्व मासिक आय की अधिकतम सीमा चार हजार रुपये प्रति माह थी इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक सौ कलाकारों को यह पेंशन दिया जाएगा केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उत्पादन में हई कमी की भरपाई के लिए कारखानों में काम करने के घंटों को बढ़ाने के विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने इन प्रस्तावों पर सहमति नहीं दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन में भारत सरकार से सम्मान पाने के बाद झमरी तिलैया नगर परिषद गरीब और भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने में जोर शोर से जुट गया है झुमरी तिलैया नगर परिषद में मूमिहीन परिवारों के लिए फ्लैटनुमा आवास तैयार किए जा रहे हैं

टीएसपीसी नक्सली अरविंद गंझू की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के टिकदा गांव के खाकर टोला स्थित उसके घर से हुई है

पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज जिला मुख्यालय स्थित पुराने समाहरणालय भवन विधि शाखा अवर निबंधन कार्यालय और कचहरी परिसर का औचक निरीक्षण किया श्री रंजन ने पुराने समाहरणालय भवन के अपने कार्यालय कक्ष सभा कक्ष झारनेट कार्यालय एनआईसी एवं भवन परिसर का औचक निरीक्षण कर पुस्तकालय में वर्षो से बंद पड़े ब्रिटिशकालीन महत्वपूर्ण पुस्तकों को आरकाईव्ह के रूप में संरक्षित करते हुए एक समृद्ध पुरालेख संग्रह का स्वरूप देने को निर्देश दिया उन्होंने पुराने समाहरणालय के कार्यालय वेश्म या सभाकक्ष में पुस्तकालय स्थापित करते हुए पुस्तकों के संरक्षण एवं आकर्षक डिस्प्ले करने का भी निर्देश दिया

झारखंड में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में कोविन ऐप के माध्यम से पंजीकृत पुलिसकर्मियों अर्धसैनिक बल के कर्मियों और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों सहित अग्रिम पंक्ति के डेढ लाख लोगों के टीकाकरण का काम आज से शुरू हो गया इधर पाकुड़ सदर अस्पताल के कोविड टीकाकरण केंद्र पर आज जिले के उपायुक्त कलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने कोरोना का टीका लगवाया टीकाकरण के बाद उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को निगरानी रूम में रखा गया इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कोरोना का टीका लिया पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने रेड क्रॉस भवन में कोविड का टीका लगाया रामगढ़ जिले में भी विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारियों प्रखंड विकास पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया अन्य जिलों में भी सफलतापूर्वक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है साहिबगंज जिले में कोविड टीकाकरण के दुसरे चरण का प्रारंभ सदर अस्पताल में बने कोविड टीकाकरण केंद्र पर उपायुक्त रामनिवास यादव पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा और जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कमार तिवारी सहित अन्य ने को भी टीका लगाकर किया

राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सरकार ने प्रवासी कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में बियालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अंठानब्बे दषमलव छह आठ प्रतिशत तक जा पहंची है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख सत्रह हजार दो सौ उन्नतीस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

राज्य के कृषि पश्पालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने कृषि विकास की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा है कि प्रदेष में फ्लोरी कल्चर से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास के लिये सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में काम तेजी से किया जा रहा है उन्होंने रांची प्रमंडल के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगला दशक किसानों का है और सरकार का फोकस कृषि उत्पादकता पर है इसलिये कृषकों को परंपरागत तौर तरीकों के साथ साथ तकनीकी स्तर पर भी दक्षता हासिल करनी होगी ताकि किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा हो सके वह आज मोरहाबादी के रामकृष्ण मिशन ऑडिटोरियम में राज्य उद्यान निदेशालय की ओर से आयोजित झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती वर्तमान परिदृष्य एवं संभावनाएं विषय पर एकदिवसीय सेमिनार में रांची प्रमंडल के किसानों को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर विभागीय सचिव अब् बकर सिद्दिकी ने कहा कि फ्लोरीकल्वर को प्राईम लाईन में लाने के लिये विभाग प्रयासरत है तथा मल्टी क्रॉपिंग मोड में काम करने की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि फ्लोरी कल्चर को कॉमर्शियल अंदाज में स्वीकार करें और उसी के अनुरूप कार्ययोजना बनायें विभिन्न योजनाओं के तहत बीज वितरण सिंचाई व्यवस्था बैंक ऋण उपकरण आदि की सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होने के बाद विभागीय सचिव ने बताया कि सड़क हादसे में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेक नागरिकों को प्रेरित करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए पुरस्कार राषि की भी घोषणा की गयी है

केंद्र एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन को लेकर आज हजारीबाग में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इसका उदघाटन जिले के उपायक्त आदित्य कुमार आनंद और अधीक्षण अभियंता हरेंद्र मिश्र ने की इस कार्यशाला में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी जल सहिया और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे